इसके आज रात दो बजे उतरने की संभावना है

उतरने के लगभग चार घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा

अंतरिक्ष में देश को यह उपलब्धि एक दिन में हासिल नहीं हुई है बल्कि यह सालों की मेहनत का नतीजा है

इसके साथ ही प्रदेश के सभी थाना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम जुड़ गये हैं

उन्होंने कहा कि इसकी सहायता से प्रदेश के सभी अपराधियों की जानकारी हर समय थानों में उपलब्ध रहेगी

उन्होंने कहा कि पांच साल पहले शुरू हुआ यह अनुठा कार्यक्रम दुनिया के लिये प्रेरणा स्त्रोत बन गया है राष्ट्रपित ने कहा कि देश के स्वच्छता अभियान के पहले चरण का लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा अब देश में दस करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को स्वच्छ आईकॉनिक स्थान पुरस्कार दिया गया जबकि रेल मंत्रालयों को स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री बांध मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केन्द्र सरकार से सरदार सरोवर जलाशय में जल भराव के संबंध में निर्धारित समय सारिणी का पालन करने के लिए गुजरात सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक तत्काल बुलाने का आग्रह किया है सम्मेलन भोपाल के राष्ट्रीय पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र में कल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और किसानों के कल्याण में पश् चिकित्सको के योगदान विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की जायेगी

इसके तहत एक पुस्तक यात्रा शुरू होगी जो सीहोर देवास उज्जैन रतलाम इंदौर शाजापुर आगरमालवा और विदिशा जिलों में जायेगी पुस्तक यात्रा की शुरूआत कल भोपाल के मिसरोद में रवीन्द्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय से फिल्म अभिनेता रजत कपूर करेंगे

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है तैराकी पुरस्कार प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आज सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये

प्रतियोगिता में कर्नाटक के हरि नटराज श्रेष्ठ पुरूष तैराक और हरियाणा की शिवानी पटारिया बेस्ट महिला तैराक रहे मौसम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से आ रही नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल में आज दोपहर बादल घिर आये और शाम होते तेज गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई तेज बारिश से यातायात प्रभावित हुआ